राज्य की पॉजिटिविटी दर पिछले छह दिनों से लगातार घट रही है राज्य में बीती नौ मई को पॉजिटिविटी दर उन्नीस प्रतिशत रही है करीब एक महीने के बाद यह पहली बार हुआ है जब पॉजिटिविटी दर बीस प्रतिशत से नीचे आई है नौ मई को प्रदेशभर में करीब उनचास हजार सैंपलों की जांच की गई जिनमें से लगभग नौ हजार व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए रायपुर जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है दो मई को रायपुर जिले की पॉजिटिविटी दर इकतीस प्रतिशत थी जो एक हफ्ते में घटकर नौ मई को पंद्रह प्रतिशत पर आ गई है राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार का अंदाजा इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि लगभग एक महीने के बाद राज्य में कल पहली बार दस हजार से कम नये कोरोना संक्रमित मामलों की पहचान हुई कल राज्य में किसी भी जिले में एक हजार से अधिक मामले नहीं मिले हैं रविवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नौ हजार एक सौ बीस नये मामले मिले इस तरह प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर आठ लाख इंक्यावन हजार से अधिक हो गई है वहीं अस्पताल या होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे बारह हजार आठ सौ दस लोगों को कल स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया अब तक राज्य में सात लाख चौदह हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं इस तरह से प्रदेश की रिकवरी दर तिरासी प्रतिशत से अधिक है राज्य में अब तक कुल जितने कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं उनमें से इकयासी प्रतिशत ने होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कराते हुए कोरोना को मात दी है वर्तमान में एक लाख छब्बीस हजार पांच सौ सैंतालीस मरीजों का विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है राज्य मे कल एक सौ नवासी लोगों की मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है अब तक प्रदेश में कोविड नाइंटीन के कारण दस हजार पांच सौ सत्तर लोगों की जान जा चुकी है

बीते तीन दिनों से रोजाना इकसठ हजार से अधिक सैंपल जांचे गए हैं कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ नगर में जिला प्रशासन द्वारा शहर में लॉकडाउन के दौरान घूम रहे लोगों को रोककर उनकी कोविड जांच कराई जा रही है इस बीच कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में विभिन्न जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों द्वारा अपने अपने स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सरगुजा संभाग के आयुक्त को पत्र लिखकर संभाग के सभी जिलों में पांच पांच ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने के लिए कहा है वहीं अनुसूचित जाति प्राधिकरण के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ विधायक भुनेश्वर बघेल ने डोंगरगढ़ में सेनिटाईजर रथ को रवाना किया है इसके जरिये पहले नगर के बार्डो को और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सेनिटाईजर का छिड़काव किया जाएगा यह रथ मूर्तिकार संघ द्वारा संचालित किया जा रहा है विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में पार्षद और एल्डरमैन भी अपनी निधि का उपयोग चिकित्सा उपकरणों की खरीदी के लिए कर रहे हैं बालोद नगर पालिका के एल्डरमैन ने तहसील कार्यालय में ऑक्सीमीटर मशीन प्रदान की है वहीं अन्य पार्षद भी अपनी निधि का उपयोग जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराने में कर रहे हैं धमतरी जिले में कोरोना संक्रमण की वजह से मारे गए लोगों के अनाथ बच्चों को सहारा देने के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं विभाग द्वारा टीम बनाकर ऐसे बच्चों की खोज की जा रही है जिला बाल संरक्षण अधिकारी आनंद पाठक ने बताया कि ऐसे बच्चों के बारे में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर एक शून्य नौ आठ पर भी संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है

उसने यह उपलब्धि एक सौ चौदह दिन में हासिल की जबकि चीन ने एक सौ उन्नीस दिन और अमरीका ने एक सौ पंद्रह दिन में यह लक्ष्य हासिल किया देश में अब तक सत्रह करोड़ से अधिक टीके लगाये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे में छह लाख अस्सी हजार से अधिक टीके लाभार्थियों को लगाए गए हैं अट्ठारह से चवालीस वर्ष आयु वर्ग में बीस लाख इकतीस हजार लाभार्थियों ने टीके की पहली खुराक ली है इस आयु वर्ग के लिए एक मई से सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था इस बीच छत्तीसगढ़ में भी कोविड टीकाकरण जोरशोर से जारी है खासकर अट्ठारह से चवालीस वर्ष की आयु वर्ग के लोगों में कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए विशेष उत्साह देखा जा रहा है कल नौ मई तक राज्य में इस आयु वर्ग के करीब एक लाख दस हजार लोगों का टीकाकरण कर लिया गया है इनमें से करीब पचास हजार हितग्राही अंत्योदय परिवारों से हैं राज्य में इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण चार सौ तिरासी केन्द्रों में किया जा रहा है राज्य शासन द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर्स के अंतर्गत पत्रकारों और वकीलों सहित विभिन्न श्रेणियों के लोगों को शामिल करने के बाद अब हर टीकाकरण केन्द्र में चार काउंटर बनाए गए हैं एक अंत्योदय राशन कार्डधारियों के लिए दूसरा बीपीएल तीसरा एपीएल और चौथा फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए है रायपुर जिले में टीकाकरण केन्द्रों की संख्या आठ से बढ़ाकर अट्ठारह कर दी गई है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपुर जिले के दो टीकाकरण केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को टीकाकरण केन्द्रों में व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए

उन्होंने सभी लोगों से यह टीका लगवाने की अपील की है श्री साहू ने प्रदेश में निःशुल्क टीकाकरण अभियान के लिए अपनी विधायक निधि की संपूर्ण दो करोड़ रूपये की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करा दी है राज्य के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने भी विभिन्न समाज के प्रमुखों से अनुरोध किया है कि वे अपने समाज के लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें छत्तीसगढ़ में अब तक सभी श्रेणियों को मिलाकर उनसठ लाख से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है इनमें से पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु वर्ग के तैंतालीस लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और करीब चार लाख नब्बे हजार लोगों को दूसरी डोज लगा दी गई है वहीं राज्य शासन ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अलग अलग वर्गो के लिए टीकाकरण का अनुपात तय कर दिया है इसके अनुसार फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में आने वाले लोगों को कुल उपलब्ध वैक्सीन का बीस प्रतिशत लगाया जाएगा वहीं अंत्योदय राशन कार्डधारियों को बारह प्रतिशत और बीपीएल राशन कार्डधारियों को बावन प्रतिशत टीके लगाए जाएंगे इसके अलावा एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों को कुल उपलब्ध वैक्सीन के सोलह प्रतिशत डोज लगाए जाएंगे इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर मेडिकल दुकान संचालकों और इन मेडिकल दुकानों में कार्यरत् कर्मचारियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने की मांग की है उन्होंने कहा है कि ये लोग आपदा काल में अपनी जान जोखिम में डालकर जनता को दवा उपलब्ध करा रहे हैं कोरोना डॉक्टर अपील वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर फिरोज मेमन ने कहा है कि यदि किसी को कोरोना संक्रमण की आशंका है तो वे तीन तरह के टेस्ट एंटीजन आरटी पीसीआर और ट्रू नॉट करा सकते हैं

महामारी की दूसरी लहर से निपटने की समुचित तैयारी नहीं होने के आरोपों को खारिज करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जनवरी में कोविड मरीजों की संख्या कम होने के बावजूद सरकार ने इसे हल्के में नहीं लिया उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनवरी में केरल में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राज्य की सहायता के लिए केन्द्रीय दल भेजे थे प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में छपे लेख में श्री जावड़ेकर ने कहा कि केन्द्र सरकार कोविड से निपटने के लिए अग्रणी भूमिका निभा रही है और राज्यों को सभी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोविड प्रबंधन राज्य का विषय है लेकिन केन्द्र सरकार ने कोविड से निपटने के लिए सुझाव और दिशा निर्देश देने में कोई कमी नहीं छोडी है केन्द्र ने कोविड महामारी पर काबू पाने के लिए राज्यों की तैयारियों के लिए उच्च स्तरीय टीमें तैनात की हैं राज्यपाल वेबीनार संबोधन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को जनभागीदारी एकजुटता और धैर्य के साथ ही हराया जा सकता है आज छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्नीकल यूनिवर्सिटी भिलाई द्वारा आयोजित वेबीनार को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका भी काफी अहम हो गई है उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के शिक्षक और छात्र छात्राएं आम जनता में कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं और लोगों को फेस मास्क पहनने सार्वजनिक स्थानों में सुरक्षित दूरी का पालन करने और समय समय पर साबुन से हाथ धोने के लिए प्रेरित करें राज्यपाल कोरोना संक्रमण के बचाव और जागरूकता के संबंध में कल ग्यारह मई को दोपहर दो बजे सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की वर्चुअल बैठक लेंगी भाजपा राज्यपाल ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर उनसे प्रदेश में कोविड संकट से सुचारू रूप से निपटने के लिए राज्य शासन को निर्देश देने की मांग की इस प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया इसमें मांग की गई कि छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण के लिए भेदभाव रहित नीति बनाई जाए साथ ही राज्य के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कोविड जांच की सुविधाओं को बढ़ाया जाए हर पंचायत में ऑक्सीमीटर थर्मामीटर और दवा किट उपलब्ध कराया जाए साथ ही राज्य में शराब की होम डिलीवरी पर भी तत्काल रोक लगाई जाए इसके अलावा भाजपा नेताओं ने प्रदेश में बंद पड़ी मंडियों को भी तत्काल खोलने की मांग की ताकि किसानों को अपनी फसल कोचियों के हाथों में बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े माना बाल संप्रेषण गृह राजधानी रायपुर के पास माना में स्थित बाल संप्रेषण गृह में बीते दिनों कराए गए बच्चों के कोविड टेस्ट में पैंतालीस बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं रायपुर जिला प्रशासन के अनुसार उनतीस अप्रैल को इस संप्रेषण गृह में रह रहे तिहत्तर बच्चों और यहां तैनात कर्मचारियों का आरटी पीसीआर टेस्ट कराया गया था रिपोर्ट में पैंतालीस बच्चे और पांच कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण होने की जानकारी मिली इसके बाद इन सभी बच्चों को आइसोलेट कर दिया गया संप्रेषण गृह में एक डॉक्टर और छह नर्सों की ड्यूटी भी लगाई गई प्रशासन के अनुसार उपचार के बाद अब सभी बच्चे और कर्मचारी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं मौसम मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ क्षेत्र के ऊपर एक चक्रवाती घेरा स्थित है इसके अलावा विदर्भ से केरल के बीच एक द्रोणिका भी बनी हुई है इसके असर से छत्तीसगढ़ में कल कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा के अनुसार मध्य छत्तीसगढ़ में वर्षा होने की अधिक संभावना है राज्य के एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने या आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है इस बीच बीते चौबीस घंटों के दौरान रायपुर राजनांदगांव दुर्ग धमतरी और महासमुंद सहित करीब सोलह जिलों में बारिश होने के समाचार मिले हैं इस बेमोसम बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचने की खबर है वहीं बारिश के कारण फसलों की कटाई और मिंजाई का काम भी ठप्प पड़ गया है संक्षिप्त समाचार राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड पेशेंट फीडबैक रिपोर्ट में कोरिया जिले ने शत प्रतिशत सकारात्मक फीडबैक के साथ प्रदेश में प्रथम रैंक हासिल की है रेलवे द्वारा लॉकडाउन के मद्देनजर विशाखापट्नम और रायपुर के बीच चलने वाली स्पेशल एक्सप्रेस का परिचालन फिलहाल रद्द कर दिया गया है दुर्ग जिले में अभिषेक मिश्रा हत्याकांड में आज दुर्ग जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया अदालत ने आरोपी विकास जैन और अजीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है वहीं किमसी को दोषमुक्त करार दिया है यह हत्याकांड वर्ष दो हजार पंद्रह में हुआ था अभिषेक मिश्रा शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन आईपी मिश्रा के बेटे थे बीजापुर जिले में पुलिस ने माटवाड़ा चौक से एक माओवादी को गिरफ्तार किया है इस पर एक सहायक आरक्षक की हत्या और एक ग्रामीण के अपहरण तथा हत्या के मामले में शामिल रहने का आरोप है और कोरबा जिले में जिला मुख्यालय से करीब चालीस किलोमीटर दूर गिरारी ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम गीतकुंवारी में आज सुबह हाथी के हमले में एक अधेड़ महिला की मृत्यु हो गई यह महिला तेंदूपत्ता तोड़ने जंगल गई थी तभी हाथी ने हमला कर दिया